मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कल शिमला में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया बैठक में कहा गया है कि इसके तहत महामारी के दौरान बाहरी राज्यों से वापिस लौटै हजारों लोगों की कार्यकुशलता के मुताबिक रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते राज्य के किसानों बागवानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार बाजार में उनके उत्पादों के विपणन के लिए हर संभव सहायता के लिए प्रयासरत है

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कल शिमला में बताया कि इस पोर्टल के तहत एकत्र और संकलित डेटा का उपयोग फंसे हुए लोगों की आवाजाही की व्यापक योजना को तैयार करने के लिए किया जाएगा कोरोना पूरा देश जहां कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित हैं वहीं हिमाचल प्रदेश कोरोना मुक्त राज्य बनने की ओर अग्रसर है वर्तमान में राज्य में केवल दो कोरोना संक्रमित मरीज रह गए हैं जिसमें सिरमौर और ऊना ज़िला में एक एक कोरोना संक्रमित मरीज उपचाराधीन हैं

दुर्घटना शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के कुड़ीधार में कल एक निजी वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से इसमें सवार सभी तीन लोगों की मौत हो गई रामपुर के डीएसपी अभिमन्यू वर्मा ने बताया कि ये तीनों कुल्लू जिला के नीरथ के रहने वाले थे और मृतकों में एक महिला भी शामिल है पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है शैक्षिक कैलेंडर केन्द्र सरकार ने नौंवी और दसवीं कक्षा के लिए वैकल्पित शैक्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है कैलेंडर में शिक्षा देने के लिए सोशल मीडिया और विभिन्न तकनीक के इस्तेमाल के लिए अध्यापकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में जारी रहेगा कफ़र्यू सोमवार से एक घंटा बढ़ाई ढील बसें नहीं चलेंगी शराब ठेके ढाबे खुलेंगे और सैलून रहेंगे बंद पंजाब केसरी का शीर्षक है हिमाचल में कफ्यू में पांच घंटे छूट शराब के ठेके खुलेंगे पर नहीं चलेंगी बसें दिव्य हिमाचल लिखता है प्रदेश में पांच घंटे छूट नहीं चलाई जाएंगी बसें

दैनिक सेवरा टाइम्स के अनुसार एक लाख से अधिक कामगारों को दो दो हज़ार देगी हिमाचल सरकार हिमाचल दस्तक का कहना है कफ्यू रहेगा सरकारी दफ्तर खुले नहीं चलेंगी बसें न ही स्कूल खुलेंगे अजीत समाचार लिखता है प्रदेश में जारी रहेगा कफ्यू छूट की अवधि बढ़ाई जबकि आपका फैसला के शब्द हैं मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले लॉकडाउन से हुए नुकसान पर मंथन हिमाचल के शहरों में भी चलेगी मनरेगा शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है जयराम ठाकुर मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना को दी मंजूरी

नमस्कार